केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और अंतर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है सरकार ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि देश भर में तालाबंदी लागू करने के प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है श्री जावडेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम का बेहतर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक संपर्क रखते समय एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना है

श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए उनसे अनुरोध किया कि वे हर तरफ जागरुकता फैलायें और नीम हकीम उपचार के प्रसार को रोकने के उपाय करें प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह बहुत जरूरी कार्य होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो ऑफिस से जुड़ा हो अपने घर से ही करें कोरोना के संकमण से बचने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए यह हमारे लिए अनिवार्य है

कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा भवन और अन्य निर्माण कार्य उपकर अधिनियम के तहत श्रम कल्याण बोर्ड यह उपकर एकत्र करते हैं श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखा है ताकि इस दौरान लोगों की आर्थिक और आवष्यक जरूरतों को पूरा किया जा सके

पत्र में एजेंसियों को अपने कर्मचारियों के साथ सहानुभूति का आग्रह किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन श्रमिकों को ड्यूटी पर माना जाए और उसी के अनुसार भुगतान किया जाए

एक टवीट में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों से सम्पर्क में है ताकि ऐसी वस्तुओं की कमी न होने पाए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

वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने इस महामारी से बचाव के लिए तीस लाख रूपये देने की घोषणा की है हजारीबाग जिले के उपायुक्त ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी

झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा है कि राज्य में अबतक एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है

साथ ही मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी ने आज सूचना भवन में स्थापित राज्यस्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण भी किया इस क्रम में उन्होंने टोल फी नं एक आठ एक पर आनेवाले कॉल से संबंधित जानकारी ली मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की मदद के लिए कृतसंकल्प है और गरीबों तक आवष्यक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आस पड़ोस के गरीबों की मदद करें उन्होंने बताया कि कई अन्य राज्यों से मजदूरों की फंसे होने के मामले सामने आ रहे हैं इसके लिए राज्य सरकार अन्य राज्यों की सरकार से संपर्क स्थापित कर मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था कर रही है निरीक्षण के क्रम में मुख्य सचिव को कक्ष से निष्पादित कार्यो की जानकारी दी गई जिसके अन्तर्गत चौबीस घंटे एक डॉक्टर एक प्रषासनिक अधिकारी और एक पुलिस के आलाधिकारी उपस्थित रहते हैं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राज्य भर में लॉकडाउन को लेकर प्रषासन प्ररी तरह से मुस्तैद है लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रषासन की सख्ती का असर पूरे झारखण्ड में दिखाई दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देष के बाद सभी जिलों में घरों तक खादय सामग्री पहुंचाने के इंतजाम किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी जिला उपायुक्त एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में खाद्य पदार्थों की काला बाजारी और गैस सिलिंडर की कथित कालाबाजारी से जुड़ी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करें

सड़कों पर तैनात पुलिस बल ने हर आने जाने वालों की जाँच कर उन्हें जाने दिया वहीं नगर में साफ सफाई और सेनेटाईजर का भी छिड़काव किया गया अनुमंडल पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार देव ने बताया कि जिले में जमाखोरी और मूल्य वृद्धि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो जिले में अब तक लॉकडाउन के उलंघन के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है इधर रामगढ़ जिले में भी कोरोना जागरूकता को लेकर प्रषासन पूरी तरह मुस्तैद रही इस दौरान आज प्रषासन ने सड़कों पर बेवजह घुम रहे लोगों के प्रति सख्ती से कदम उठाया रामगढ़ जिले के एसडीपीओ अनुज उरांव ने बताया कि शहर में आवष्यक जल सेवाओं को छोड़कर शहर को लॉकडाउन किया गया है कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के उद्देष्य से लागू किये गये देषव्यापी लॉकडाउन का पष्चिमी सिंहभूम जिले में भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है इस संबंध में जिले के उपायुक्त अरवा राज कमल और पुलिस अधीक्षक इन्द्रजीत महथा ने चाईबासा और चकधरपुर के व्यापारियों और दुकानदारों को आवष्यक दिषा निर्देष जारी किये हैं इसके तहत सभी प्रखण्डों और थाना क्षेत्रों में आवष्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिष्चित कराने को कहा गया है

इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देष दिया कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों का सड़कों पर बेवजह चलना पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि जिले में जो भी बाहर से आये हैं उनके लिए पंचायत स्तर पर क्वॉरेंटाईन वार्ड बनाकर उन्हें चौदह दिनों तक रखने की पहल करें

इस दौरान रेलवे की ओर से किसी भी तरह की नई टिकटों की बुकिंग भी नहीं की जायेगी

इसके लिए सूचना भवन में हर जिले के लिए अलग अलग डेस्क बनाये गये हैं

इनमें बाईस मामले राजधानी रांची के हैं